और आज से सावन शुरू मंदिरों और शिवालयों में शिवभक्तों की उमड़ी भीड़

इसके लिये स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीस हजार आयुष्मान मित्रों की तैनाती होगी अगस्त महीने से प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पर आयुष्मान मित्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ये कर्मी अधिसूचित अस्पतालों में मरीजों को इलाज के दौरान हर जरूरी जानकारी और सुविधा उपलब्ध करवायेंगे आयुष्मान मित्रों को प्रति माह पंद्रह हजार रूपये वेतन दिया जायेगा

समिति द्वारा संचालित बालिका गृह और खुला आश्रय का भी निबंधन रद्द कर दिया गया है वहीं इस मामले में आठ और लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गयी है इनमें से पांच लड़कियों में यौन शोषण की पुष्टि हुयी है दूसरी तरफ बिहार राज्य महिला आयोग की टीम ने पीड़िताओं से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने बताया कि आज यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जायेगी

मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को गांवों में कैम्प कर किसानों को वैकल्पिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है

पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान करने के लिये आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा जायेगा यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होती है तो राज्य सरकार खुद अपनी निधि से ऐसे आवासों का निर्माण करवायेगी उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सूची में छूट गये गरीब परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी श्री कुमार ने कहा कि योजना के तहत चार महीने में आवास बनाने वाले लाभुकों और बनवाने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वरीय अधिकारियों के साथ वे खुद हरेक महीने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे

केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने उन्नीस सौ छियासठ के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन कर इसे अधिसूचित कर दिया है सरकार के इस कदम से मिलों में अतिरिक्त समय में गन्ने के रस से एथनॉल बनाने में मदद मिलेगी अब तक मिलों को गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद बची खांड से ही एथॅनाल बनाने की अनुमति थी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा के सचिव डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार ने कहा कि सरकार नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट लाकर डॉक्टरों को बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रही है बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुये सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का बहिष्कार किया है सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा चल रही है

न्यायमूर्ति शिवाजी पाण्डेय की एकल पीठ ने तीन सौ से अधिक रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुये पर्षद से जवाब तलब किया है इन याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुये पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गयी है

जिला न्यायालय के त्वरित न्यायाधीश राम प्रसाद अस्थाना ने बिहार थाना क्षेत्र के अलीनगर मोहल्ले में हुए दंगों के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनायी दोषी सुनील कहार छोटे कहार क्रिस्टो ईश्वरी सिंह नंदलाल यादव और अजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है जबकि लक्ष्मण राम को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है हरेक पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

वहीं गया जिले की एक अदालत ने लोजपा नेता सुदेश पासवान और उनके भाई की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश भर में बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश की भी संभावना जतायी गयी है

इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं

मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है

शहरी मामालों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नामों की घोषणा की

पोस्टमास्टर जनरल को संबोधित पत्र के लिये थीम है लेटर ट्र माई मदर लैण्ड यानि मेरे देश के नाम खत आवेदन की अंतिम तिथि तीस सितंबर दो हजार अठारह है

इस जोन में पटना अरवल जहानाबाद और वैशाली जिले की टीमें हिस्सा लेंगी

हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है कोई रिश्वत मांगे तो फोटो खींचकर भेजें दैनिक जागरण की सुर्खी है डेटा चोरी पर होगा पंद्रह करोड़ का जुर्माना दैनिक भास्कर लिखता है आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार को समन पर तीस को होगा फैसला प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है प्रदेश के बालिका गृह ही नहीं बाल गृहों में भी होता था यौन शोषण राष्ट्रीय सहारा की खबर है बिहारशरीफ दंगा में छह लोगों को उम्रकैद आज की सुर्खी है पांच को छोड़ सभी जिलों में सूखे की स्थिति गंभीर

और आज से सावन शुरू मंदिरों और शिवालयों में शिवभक्तों की उमड़ी भीड़